राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे विभिन्न विकास गतिविधियो कार्यक्रमो और परियोजनाओ की समीक्षा की उन्होंने मियाओ विजोयनगर सड़क परियोजना को त्वरित गति से पूरा करने पर भी चर्चा की राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आगामी तीन और चार अगस्त को गुवाहाटी में होने वाले पूर्वोत्तर परिषद की अड़सठवी वार्षिक बैठक पर भी विचार विमर्श किया

उन्होंने जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियो के साथ बैठक कर मच्छर से फैलने वाले बीमारियों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने पर चर्चा की बाद में इस दल के प्रमुख ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जपनिस इन्सेफ्लाईटीस सहित अन्य संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है उन्होंने फीवर होने पर लोगो से तुरंत नजदिकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने और लापरवाही न बरतने की अपील की

बैठक के दौरान राज्य के युवाओ को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने पर चर्चा की गई राज्यपाल ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए आयोजित रैलियों में राज्य के दूर दराज के इलाको के युवाओ की सहभागिता के लिए राज्य सरकार विशेष रुप से जिला उपायुक्तो द्वारा कदम उठाने पर जोर दिया उन्होंने भारतीय सैन्य बलों में रोजगार के अवसरो के बारे में प्रदेश के युवाओ के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाने की वकालत की बैठक में भारतीय सेना और राज्य सरकार के कई आलाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया

अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण समिति की ओर से श्रक्रवार को पापुमपारे जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में सुश्री चाई तेची ने कहा कि जहाँ एक और हिंदू लॉ के अनुसार महिलाओ को जमीन और संपत्ति में अधिकार प्राप्त है वही राज्य की महिलाओ का भूमि और संपत्ति पर कोई अधिकार नही है उन्होंने राज्य में नौकरियों में महिलाओ के लिए तैंतीस प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को लागू किये जाने की जोरदार वकालत करते हुए कहा ऐसा करना लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा उन्होंने गांव बुढ़ाओं को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला देने से बचने का अनुरोध करते हुए कहा कि राज्य महिला आयोग को सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा बहुविवाह परिवार की देख रेख के लिए खर्च और शारीरिक दुराचार से जुड़े मामले मिले है

इस अवसर पर शिक्षको को स्थानीय संसाधनो का उपयोग कर कम खर्च में टिचिंग एँड्स बनाने का प्रशिक्षण दिया गया कार्यक्रम के दौरान बच्चों की पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शिक्षको को नर्सरी के छात्रों को भाषा और अंको का ज्ञान खेल खेल में सिखाने के तरीकों से परिचित कराया गया

जिले में एलपीजी सिलिंडर की किल्लत और काला बाजारी के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध तरीके से सिलिंडरो को जमा करने और महंगे दामों पर बेचने की शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरु की है इस अभियान के दौरान अधिकारियों ने छापे के दौरान पकड़े गए सिलिंडरो के संबंध में आवश्यक कागजात की मांग की और नही मिलने पर कानूनी कार्रवाई की गई है

कार्यक्रम सवेरे ग्यारह बजे प्रसारित होगा प्रधानमंत्री के द्रसरे कार्यकाल में यह कार्यक्रम की द्रसरी कड़ी होगी

वे इक्यासी वर्ष की थी श्रीमती दीक्षित पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी वह उन्नीस सौ अटठानंवे से दो हजार तेरह तक तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही श्रीमती दीक्षित केंद्र सरकार में मंत्री और केरल की राज्यपाल भी रही थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है